प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश के दौरान बिजली गिरने की घटनाओं में कम से कम इक्कीस लोगों की मौत हो गयी जबकि चौबीस अन्य घायल हो गये सबसे अधिक सहरसा जिले में आठ लोगों की मौत हुई है जबकि दरभंगा पूर्वी चंपारण मधेपुरा खगड़िया तथा समस्तीपुर में कुल तेरह लोगों की मौत की खबर है जो लोग हताहत हुए हैं उनमें से अधिकतर खेतों में काम कर रहे थे राज्यपाल सत्यपाल मलिक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसों में लोगों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है राज्य सरकार ने मृतकों के निकटतम आश्रितों को चार चार लाख रूपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है इधर मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में अगले अड़तालीस घंटों के दौरान तेज आंधी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों को बारिश के दौरान खेतों में नहीं जाने की सलाह दी है वहीं लोगों से बारिश के समय पेड़ों के नीचे शरण लेने की मनाही की गयी है इधर हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि देर रात से ही उत्तर बिहार के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश हुई है सहरसा मधेप्ररा सुपौल समस्तीप्र मध्रबनी सीतामढ़ी बेगूसराय खगड़िया दरभंगा और कटिहार जिले में बारिश के कारण जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो गयी है तेज आंधी के कारण आम और लीची की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक चौदह सेंटीमीटर बारिश बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर में दर्ज की गयी वहीं पूर्णिया कटिहार सहरसा भागलपुर और मधुबनी जिले में सात से लेकर तेरह सेंटीमीटर तक बारिश हुई है अररिया किशनगंज लखीसराय पटना जिले के मोकामा और बाढ़ के क्षेत्रों में बारिश से मौसम सुहावना हो गया है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है मुजफ्फरपुर से पुलिस ने दो करोड़ रुपये मूल्य की शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है उत्पाद अधीक्षक दीनबंधु ने बताया कि शराब की यह खेप उत्तराखंड से आलू भरे ट्रक में छुपाकर लायी जा रही थी उन्होंने बताया कि लगभग छह सौ कार्टन शराब जब्त की गयी है वहीं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सात शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है पूर्वी चंपारण जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने छापेमारी कर चार शराब तस्करों को भारी मात्रा में देशी विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है वैशाली जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने छापेमारी कर लगभग चार सौ कार्टन विदेशी शराब बरामद की है मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है इधर शेखपुरा जिले में उत्पाद विभाग ने दो महिला तस्करों को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया है वहीं बेगूसराय जिले के साम्हो प्रखंड के अकहा स्थित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यपाक राम नंदन पासवान को स्कूल में शराब रखने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है पूर्वी चंपारण जिले में समाहरणालय परिसर में राजस्व शाखा के तीन कर्मचारियों को जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण के दौरान शराब पीते हुए पकड़ लिया पुलिस मामले की जांच कर रही है केन्द्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खामियों को दूर करने के लिए राशन कार्ड को आधार के साथ जोड़ना चाहती है आकाशवाणी के साथ विशेष भेंटवार्ता में श्री पासवान ने कहा कि राशन कार्ड को आधार से जोड़ने के कारण अब तक बारह करोड़ फर्जी लाभार्थियों का पता चला है हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन राशन कार्डधारियों के पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें राशन से वंचित नहीं किया गया है

हम जरूर चाहते हैं कि राशन कार्ड को आधार से लिंक किया जाए जिसके कारण अभी तक दो करोड़ बासठ लाख करीब करीब बारह करोड़ परिवार बोगस निकले तो बारह करोड़ नए लोग जुटेंगे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा है कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है आज पटना में पत्रकारों से बातचीत में श्री राय ने कहा कि एनडीए में टूट की खबरें पूरी तरह बेब्रनियाद हैं और कहीं नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है श्री राय ने कहा कि सीटों का बंटवारा कोई मुद्दा नहीं है समय आने पर मिल बैठकर सर्वसम्मति पर इसपर अंतिम फैसला किया जायेगा श्री राय ने कहा कि कल पटना में एनडीए की हुई बैठक में सभी घटक दलों के नेताओं के बीच आगामी लोकसभा चूनाव को लेकर रणनीति पर भी चर्चा हुई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पूर्व विपक्षी दलों का गठबंधन बनने की संभावना काफी कम है आज पटना में पार्टी के एक कार्यक्रम के बाद श्री येचुरी ने कहा कि पूर्व में भी राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे गठबंधन बनाने के प्रयास किये गये लेकिन वे सफल नहीं हो सके श्री येचुरी ने कहा कि उनकी पार्टी अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा विरोधी मतों को बिखरने से रोकने के लिए प्रयास कर रही है उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है श्री मोदी ने कहा कि सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं ताकि उनका सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ापन द्रर हो सके उपमुख्यमंत्री ने आज पटना में आयोजित दावत ए इफ्तार के बाद रोजेदारों को शुभकामनाएं दी कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि किसानों को मौसम की स्टीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के चौदह कृषि विज्ञान केन्द्रों में जिला एग्रोमेट इकाई की स्थापना की जायेगी श्री कुमार ने कहा कि इन इकाईयों की स्थापना भारत मौसम विज्ञान केन्द्र की सहायता से होगी उन्होंने बताया कि अभी नालंदा सुपौल और पूर्वी चंपारण जिले के सभी ग्राम पंचायतों में टेलीमीट्रिक आधारित वर्षा मापी यंत्र और प्रखंडों में टेलीमीट्रिक आधारित मौसम केन्द्रों की स्थापना की जा रही है श्री कुमार ने बताया कि गया और अरवल जिले में भी जल्द ही इस तरह के केन्द्रों की स्थापना होगी गया जिले के कोंच थाना क्षेत्र के कैथी गांव के पास नदी किनारे से पुलिस ने बडी संख्या में विस्फोटक बरामद किया है पुलिस सूत्रों ने बताया कि स्टील के कंटेनर से एक सौ जिलेटिन और छह डेटोनेटर मिले हैं इलाके की तलाशी के दौरान दो और डेटोनेटर बरामद किये गये मामले की जांच चल रही है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में नौ लोगों की मौत हो गयी जबकि कई अन्य घायल हो गये रोहतास जिले के नोखा थाना क्षेत्र के नासरीगंज मोड़ के पास दो मोटरसाइकिलों के बीच हुयी टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गयी और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गयी भोजपुर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र अन्तर्गत आरा अरवल मुख्य मार्ग पर बनौली बर के पास दो मोटरसाइकिलों के बीच टक्कर में दो लोगों की मौत की मौत हो गई वहीं नवादा जिले के गंगटा गांव के पास एक वाहन की चपेट में आने से साइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र के अरार मोड़ के पास मिनी बस और ट्रक के बीच हुयी टक्कर में एक युवक की मौत हो गयी जबकि बारह अन्य घायल हो गये वहीं जिले के सिद्धबलिया थाना क्षेत्र के बहदुरा गांव के पास ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाईकिल सवार दो युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी बेगूसराय जिले के तेघड़ा थाना क्षेत्र के खिदिरचक से पुलिस ने नक्सली दानिश अफजल को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार नक्सली की पुलिस को कई मामलों में तलाश थी औरंगाबाद जिले में एनटीपीसी थाना क्षेत्र के ओबीपुर घाट पर पुलिस ने छापेमारी कर बालू के अवैध खनन में लगे चौवालीस ट्रक तीन ट्रैक्टर और तीन पोकलेन मशीन समेत कई वाहनों को जब्त किया है वहीं जिले के बारूण थाना क्षेत्र से बाल कल्याण समिति की टीम ने तीन बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है गोपालगंज जिले के माझा थाना क्षेत्र के पठानपट्टी गांव में डकैतों ने एक घर में डाका डालकर लाखों रुपये मूल्य की संपति लूट ली तथा गृहस्वामी की गोली मारकर हत्या कर दी